हमारे संवाददाता ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज भीलवाडा आसप्र के बेणेश्वर धाम और कोटा में च्नावी सभावो को संबोधित करेंगे

इनमें पूर्व मंत्री महादेव सिंह खंडेला और अन्य शामिल है

जिला परिषद सदस्य आत्मज्योति गुर्जेर सहित कई भाजपा कार्यकर्ता भी उनके साथ थे

इस संबंध में उम्मीदवार से जवाब तलब किया गया है वहीं बांसवाडा जिले के कुशलगढ विधानसभा क्षेत्र के पोटलिया गाँव में अन्नपूर्णा वाहन से निश्रल्क भोजन बांटने का मामला सामने आने पर कुशलगढ रिटर्निंग अधिकारी ने वाहन सीज कर दिया

इधर बीकानेर में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सातों विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव व्यय पर्यवेक्षक भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी प्रदीप शौरी आर्य और अख्तर रशीद ने जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन अनुवीक्षण प्रकोष्ठ का निरीक्षण कर किये जा रहे कार्यों की जानकारी ली

उनके मुताबिक यह बाइकर्स संबंधित मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की दिक्कत होने पर मोटरसाइकिल से मोबाइल नेटवर्क वाले स्थान पर पहंच कर जिला स्तरीय एवं पुलिस नियंत्रण कक्ष के अलावा संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों को सूचना देंगे इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से ऐसे मतदान केंद्रों को चिन्हित करने के साथ बाइकर्स मोबाइल नंबर संकलित किए गए हैं

संविधान सभा के सदस्यों ने भारत को एक विस्तृत संविधान दिया जिसमें देश और देशवासियों के हितों का ध्यान रखा गया